किसान निधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे

इस कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री छह राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे

किसान सरकार केन्द्र सरकार ने किसान यूनियनों को पत्र लिखकर बातचीत के लिए फिर से आमंत्रित किया है और उनके द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों पर विचार विमर्श कर तथा उनका समाधान खोजने का अपना संकल्प दोहराया है सरकार ने किसानों से कहा है कि वे अगले दौर की बातचीत की तारीख और समय के बार में फैसला करें किसान यूनियनों को लिखे पत्र में कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने जोर देकर कहा है केन्द्र किसानों के साथ खुले मन से बातचीत करने और प्रदर्शनकारी किसानों के मुद्दों का युक्तिसंगत समाधान करने को हमेशा तैयार है

शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने विश्वविद्यालय के छात्रों से कहा कि वे स्थानीय हस्तशिल्प वस्तुओं का सोशल मीडिया के जरिये प्रचार करें और वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूत बनायें प्रधानमंत्री ने अपने भाषण का समापन टैगोर की कविता ओरे गृहोबाशी खोल द्वार खोल से करते हुए छात्रों का आहवान किया कि वे नई संभावनाओं का द्वार खोलें और ग्रूदेव के विचारों और दर्शन का प्रचार करें प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वभारती ने हमें प्रकृति के साथ रहना सिखाया है भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में भी दुनिया में अग्रणी है समारोह को संबोधित करते हुए केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति में प्रतिभा के साथ ज्ञान पर जोर दिया गया है परीक्षा मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अगले साल होने वाली दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव किया है इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग ने ट्वीट के जरिए दी है

इसके साथ ही दीर्घउत्तरीय प्रश्नों को परीक्षा में नहीं शामिल करने का निर्णय लिया है वहीं बोर्ड ने दसवीं और बारहवीं परीक्षा की ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी है

इसके पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित सुशासन के उच्चतम मापदण्डों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए आज सुशासन दिवस मनाया गया भोपाल में सरकारी कार्यालयों ओर संस्थानों में कर्मचारियों और अधिकारियों ने सुशासन दिवस की शपथ ली बैतूल उमरिया गुना सीधी खंडवा राजगढ़ जबलपुर होशंगाबाद और आगर मालवा जिले में भी कर्मचारियों ने सुशासन की शपथ ली

पार्टी के प्रदेश महामंत्री और सुशासन दिवस कार्यक्रम के प्रभारी रणवीर सिंह रावत ने बताया कि विकासखंड स्तर पर सुशासन दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इन कार्यक्रमों में केन्द्रीय मंत्री प्रदेश शासन के मंत्री सांसद विधायक एवं जनप्रतिनिधि किसानों के साथ शामिल होंगे बाबई विकासखंड के कार्यक्रम में शामिल मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शामिल होंगे

खादय और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने वर्चअल संबोधन में कहा कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए उन्होंने कहा कि अब उपभोक्ता शिकायतें ऑनलाइन घर बैठे दर्ज करवा सकेंगे एवं सुनवाई में भी वे वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हो सकेंगे शिकायतें दर्ज कराने के लिए ई दाखिल पोर्टल पर इस प्रक्रिया का श्भारंभ किया गया

आज खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा खण्डवा में वेबीनार का आयोजन किया गया वहीं टीकमगढ में कार्यशाला और प्रदर्शनी के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के संबंध मे जानकारी दी गई राजगढ़ आगर मालवा मंदसौर में भी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर कई जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए बांधवगढ़ उमरिया जिले के प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मे सैलानी अब तक जिप्सी और हाथियों पर बैठ कर ही दुर्लभ वन्यजीवों का दीदार करते थे पर अब उनके लिये एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है यह है हॉट एयर बलून याने हवा मे उडने वाला गूब्बारा जिसे पर बैठ कर लोग न सिर्फ हवा मे गोते लगा सकेंगे बल्कि आसमान से प्राकृतिक हरियाली को अपनी नजरों मे कैद भी कर सकेंगे राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र मे कल हॉट एयर बलून की टेस्टिंग की गई टेस्टिंग का दौर आज भी जारी रहा प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह कल उमरिया जिले में बांधवगढ टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में पर्यटकों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा घोषित बफर मे सफर योजना अंतर्गत हाट एयर वैलून गतिविधि का शुभारंभ करेंगे

इस कार्यक्रम के तहत एक साइकिल रैली निकाली गई